आज भी हमारे सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर आजादी की रक्षा कर रहे हैं इस आजादी की कीमत युवाओं को समझनी होगी

मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के मण्डलीय कारागार परिसर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित सैनिक सम्मान समारोह को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि वीर सैनिकों के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर देश भर में सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किये जा रहे हैं सम्मान समारोह का यह सिलसिला सोलह से सत्ताईस जनवरी तक चलेगा उन्होंने कहा कि सरकार हर शहीद को पूरा सम्मान दे रही है शहीदों के गांवों को शहीद गांव का दर्जा देकर वहां सभी सुक्धियें उपलब्ध करायी जा रही है शहीद के परिवार के एक व्यक्ति की नौकरी भी सुनिरिचत की जा रही है उन्होंने कहा कि देश में हथियारों के निर्माण के लिये दो डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा केन्द्र सरकार ने की है इनमें से एक उत्तर प्रदेश में बनाया जायेगा फरवरी महीने में प्रधानमंत्री द्वारा इसका शिलान्यास कराया जायेगा मुख्यमंत्री मण्डलीय कारागार के उस कक्ष में भी गये जिसमें अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गयी थी श्री योगी ने उनके चित्र पर पुष्प चक्र चढ़ा कर श्रद्वांजलि दी उन्होंने कहा कि यह शहीद स्थल तीर्थ स्थल जैसा है इसके विकास के लिये पर्यटन विमाग से एक करोड़ अट्ठासी लाख की धनराशि स्वीकृत करायी गयी है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सत्रह शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया

लखनऊ में आज संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों की भलाई के लिए कई कदम उठाए हैं कम समय में सवा आठ करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिया गया है जबकि अट्ठारह हजार घरों को बिजली के कनेक्शन से जोड़ा गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने कहा कि राज्य सरकार ने उन छियालिस लाख किसानों के कर्ज माफ कर दिए हैं जिन्होंने एक लाख रूपये तक के कर्ज का भुगतान नहीं किया था केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सिर्फ एक सौ ग्यारह दिनों के अंदर आठ लाख से अधिक लोगों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है

वे आज नई दिल्ली में रेलवे सुरक्षा के बारे में अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे रेल मंत्री ने कहा कि सरकार सबसे अच्छे उपकरण लगाना चाहती है और अपराधों को रोकने तथा यात्रियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए आध्निक प्रौद्योगिकी लाना चाहती है गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले की तुलना में पिछले चार साल के दौरान रेलवे सुरक्षाबल के कामकाज में काफी सुधार आया है श्री सिंह ने कहा कि उनका मंत्रालय रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी सहायता देगा

इसमें पहले शाही स्नान में रिकार्ड दो करोड़ पचीस लाख श्रद्दालुओं ने डुबकी लगाई हमारे संवाददाता ने खबर दो है कि मेला प्रशासन ने कुंग को दिव्य भव्य और स्वच्छ बनाने के लिए कई उपाय किये हैं क्म को स्वच्छ बनाने के लिए इस बार एक लाख बीस हजार शौचालय बनाए गए हैं और बीस हजार से ज्यादा सफाईकर्मी लगाए गए हैं साथ ही लोगों को सफाई के लिए जागरूक करने के लिए करीब पन्द्रह सौ स्वच्छाग्रही भी तैनात किए गए हैं

एक अन्य स्वच्छाग्रही पवन ने कहा कि उन्हें इसके लिए खास ट्रेनिंग दी गई है कुंम मेले में लोगों की मदद के लिए एनएसएस और एनसीसी के करीब पांच सौ युवा वालियांटियर्स भी तैनात किए गए हैं इनमें से एक श्रेया ने कहा बहुत ज्यादा मजा आ रहा है एक्वुएली ऐसी एक्सपीरियंस सच में पहले कभी नहीं हुआ है